दिशा निर्देशों के अनुसार कन्टेनमेंट जोन के बाहर ही उत्सव और धार्मिक आयोजनों की इजाजत होगी

मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान आयोजक समारोह स्थल पर आने वाले लोगों के मास्क पहनने उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करने और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे साथ ही रैलियों और प्रतिमा विसर्जन समारोह के दौरान लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक न होना भी सुनिश्चित किया जाएगा रामलीला और अन्य समारोह में भी लोगों की संख्या का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं मंत्रालय के अनुसार ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे लोग आयोजन स्थलों पर एक साथ पहुंचने की बजाय कुछ अंतराल से पहचें जनता को सलाह दी गई है कि वे एक दूसरे के संपर्क में आते समय जहां तक संभव हो कम से कम छह फूट की दूरी बनाए रखें धार्मिक स्थानों पर प्रतिमाओं और पवित्र धर्म ग्रंथों को छूने की इजाजत नहीं होगी

इस अभियान में केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ राज्य सरकार की भी सकिय भागीदारी होगी

अभियान के दौरान अनिवार्य रूप से मास्क पहनने सामाजिक द्री बनाए रखने और हाथों की सफाई से संबंधित संदेश विभिन्न माध्यमों के द्वारा लोगों तक पहुंचाए जाएंगे इसके लिए सुचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सुचना कार्यालय रीजनल आउट रीच ब्यूरो दूरदर्शन और आकाशवाणी के अलावा राज्य सरकार के सूचना और जनसंपर्क निदेशालय मिलकर काम करेंगे अभियान के दौरान विभिन्न जिलों से प्राप्त सफलता की कहानियां भी जनता से साझा की जाएगी कोविड से मुकाबले के लिए किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों को भी मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाएगा एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं की भी इस अभियान में अहम भागीदारी होगी

आकाशवाणी को दिए संदेश में गुलाबो ने लोगों से कहा है कि वे सार्वजनिक स्थान पर मास्क का प्रयोग करें और अपने हाथों को बार बार धोते रहें मोहन वीणा वादक पदमश्री विश्व मोहन भट्ट ने भी जनता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग देने का अनुरोध किया है आकाशवाणी के माध्यम से जारी अपने संदेश में उन्होंने लोगों से कहा कि जरूरी काम होने पर ही घर से निकलें और दो गज की दूरी बनाए रखें

उधर बीकानेर में दो कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर निलम्बित कर दिया गया है

आज इन पंचायत समितियों में उप सरपंच का चुनाव होगा

कल चेन्नई में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन कानूनों को बनाने से पहले कृषि विशेषज्ञों किसानों और खेती से जुडे अन्य विभिन्न लोगों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया गया

उनके निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कला और संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला ने शोक व्यक्त किया है